इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विशेष प्रतिमा सफाई अभियान में भाग लेते हुए शिमला के चौड़ा मैदान में स्थापित संविधान निर्माता डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की प्रतिमा की सफाई की इस दौरान उन्होंने रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लाला लाजपतराय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहाद्र शास्त्री और इंदिरा गांधी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार व लैफिटनेंट जनरल दौलत सिंह की प्रतिमाओं की भी साफ सफाई की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य केवल महान नेताओं की प्रतिमाओं की साफ सफाई करना ही नहीं बल्कि उनकी पवित्रता को बनाए रखने के साथ साथ लोगों को आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संदेश देना है इस अवसर पर शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट सहित विभिन्न बोर्डो व निगमों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया अनुराग केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के स्वर्ण उद्योग को विश्व के जौहरी के रूप में स्थापित करने पर बल दिया है

अनुराग ठाकुर ने गोल्ड मानिटाईजेशन स्कीम के प्रोत्साहन पर बल देते हुए इसमें धार्मिक संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत बताई

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न्यू इंडिया में सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और हाल ही में कारपोरेट टैक्स में कटौती और आर्थिक सुधारों से इस क्षेत्र को और बल मिलेगा पटेल केन्द्र सरकार ने देश की एकता और अखण्डता में योगदान देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार की शुरूआत की है यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने व उल्लेखनीय तथा प्रेरणादायक योगदान के लिए दिया जाएगा

ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा कचरा संयंत्र राज्य सरकार कांगड़ा और सोलन जिला के बद्दी में घरेलु और औद्योगिक कचरे के उचित प्रबंधन को लेकर कचरा संयंत्र पायलट आधार पर लगाने पर विचार करेगी आज शिमला में सराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष इस संबंध में प्रस्तुति दी गई जयराम ठाक्र ने कहा कि इन दोनों पायलट प्रैजेक्टों की सफलता को देखकर ही राज्य के अन्य भागों में भी ऐसे संयंत्र लगाने पर विचार किया जाएगा पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरह की गतिविधियां आयोजित कर लोगों को पौष्टिक आहार के बारे जागरूक किया जा रहा है इसी कड़ी में लाहौल स्पिति जिला के केलंग में आयोजित एक कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं को संतुलित भोजन के बारे में जानकारी दी गई इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी खुशवेन्द्र ने लड़कियों में अनीमिया जैसी बीमारी को लेकर जानकारी दी बाद में स्कूली बच्चों ने पोषाहार के प्रति जागरूक लाने के उद्देश्य से केलंग में एक रैली भी निकाली

इस अवसर पर उपायुक्त के सी चमन ने स्वच्छता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना रहा उपायुक्त ने सभी से स्वच्छता में अपना सक्रिय योगदान देने का आहवान किया इस दौरान बच्चों ने लोगों को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक किया कार्यक्रम में भाग ले रहे विद्यार्थियों ने इस प्रयास को लाभकारी बताते हुए हर वर्ग को इससे जुड़ने का आग्रह किया भेंट पूर्व सांसद शांताक्मार ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की ताकि हिमाचल के सर्वांगीण विकास को लेकर अधिक से अधिक योगदान दिया जा सके शांताकुमार ने राज्यपाल को अपनी लिखी तीन पुस्तकें भी भेंट की मुआवजा किन्नौर जिला उपायुक्त गोपाल चंद ने विद्युत परियोजना निर्माण के कारण प्रदूषण से कृषि व बागवानी को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन कर रिपोर्ट परियोजना प्रबंधन को सौंपने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं रिकांगपिओ में लाडा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विद्युत परियोजनाओं को लाडा के हिस्से की राशि जमा करवाने को भी कहा